उन्होंने आजाद हिन्द सरकार की स्मृति में एक विशेष पट्टिका का भी अनावरण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द सरकार ने सभी क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों का सुजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाना था उन्होंने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन देश को अभी नई ऊंचाईयों को छूना है मुख्यमंत्री सोलन जिले के पहले महिला पुलिस थाने का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में लोकार्पण किया इस थाने के खुलने से महिलाओं को अपनी समस्या आसानी से बताने में मदद मिलेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने का आहवान करते हुए समाज के सभी वर्गों से इस दिशा में सहयोग की अपील की मुख्यमंत्री ने सोलन में वाल्मीकी प्रकटोत्सव का शुभारम्भ करने के अलावा बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के परीक्षा भवन का उद्घाटन और खेल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल और सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे स्मृति दिवस आज पुलिस स्मृति दिवस है इस अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पुलिस संग्रहालय देश को समर्पित किया उन्होंनें आज़ादी के बाद से अब तक शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्वासुमन भी अर्पित किए इस मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए बिलासपुर के लखनपुर में ज़िला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस परेड़ की सलामी ली नाको हिमालयन कृषि व विकास संगठन ने किन्नौर ज़िले के नाको गांव को जैविक गांव घोषित किया है नाको में आज कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम में संगठन ने ये घोषणा की इस दौरान कृषि मंत्री ने स्थानीय बागवानों द्वारा जैविक पद्धति से तैयार सेब के एक ट्रक को भी रवाना किया मारकण्डा ने कहा कि संगठन ने हिमफैंड के सहयोग से नाको में जैविक खेती के विपणन के लिए प्रयास किए हैं उन्होंने किसानों से सेब के अलावा अन्य फलों और सब्जियों को भी जैविक तकनीक से उगाने का आह्वान किया

एक बयान में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना सफल साबित हो रही है उन्होंने बताया कि योजना के तहत अगले दो वर्ष में प्रदेश के हर परिवार को गैस कनैक्शन देने का लक्ष्य है

कॉरपोरेट कार्यालय भारत सरकार के विद्युत सचिव अजय कुमार भल्ला ने राजधानी शिमला के शनान में आज सतलुज जल विद्युत निगम के कॉरपोरेट कार्यालय का शुभारम्भ किया निगम के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा ने कहा कि इस कार्यालय परिसर का डिज़ाइन हरित भवन की संकल्पना के साथ किया गया है

धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना की है हमीरपुर जिले में सुजानपुर के झनिक्कर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन समितियों ने कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर गांव में ही रोजगार सुजन के अवसर मुहैया करवाए हैं उन्होंने क्षेत्र में सस्ते राशन के डिपो का भी शुभारम्भ किया खनन ऊना ज़िले में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रशासन लगातार विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहा है इसी कड़ी में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा के साथ रामपुर हरोली संतोषगढ़ और घलुवाल पुलों का निरीक्षण किया उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए उपमण्डल स्तर पर भी टीमें गठित की गई हैं कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कल कव्वाल चांद अफजल कादरी ने अपनी कव्वालियों से दर्शकों को मत्रमुग्ध किया इंडोनेशिया के सांस्कृतिक दल व हरियाणा और बिहार के कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दी सांस्कृतिक संध्या में आज जस्सी और बबल राय की प्रस्तुतियों सहित लाफ्टर शो मुख्य आर्कषण रहेंगे